त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में राज्य के बीस जिलों में अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुआ मतदान

पिछले चौबीस घंटे में राज्य में कोरोना के तीस हजार पांच सौ छियान्नबे नये मामले आये

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि कोविड महामारी को परास्त करने के लिए जांच निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाई जानी चाहिए अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में कोविड की स्थिति की वर्घुअल माध्यम से समीक्षा करते हए श्री मोदी ने संक्रमित लोगों क ेसंपर्क में आये लोगों का पता लगाने और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर बल दिया एक रिपोर्ट बैठकर्क दौरान श्री मोदी ने कोरोना को प्रैलने से रोकने और संक्रमित लोगों के समुवित उपचारके लिए वाराणसी में जांचबिस्तरों दवाओं वैक्सीन और कार्य बल के बारेमें जानकारी ली उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता को जल्द से जल्द हरसंभवसहायता उपलब्ध कराई जाये प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि दो गज की दूरी मास्क है जरूरी नियम का पालन हर किसी को करनाचाहिए

उन्होंने प्रशासन से वाराणसी कीजनता को पूरी संवेदनशीलता के साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा श्री मोदी नेवाराणसी के जन प्रतिनिधि के रूप में आम जनता से सुझाव लेने का निरंतर अवसर मिलने परसंतोष व्यक्त किया उन्होंने कहा कि पिछले पांच छह वर्षों में वाराणसी मेंस्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण से कोरोना से लड़ाईमें मदद मिली है श्री मोदी ने कहा कि वाराणसी में बिस्तरों आईसीयू और ऑक्सीजन की उपलबता बढ़ाईजा रही है कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के दबाव के मद्देनजर उन्होंने हर स्तरपर प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया प्रघानमंत्री ने कहा कि वाराणसी केप्रशासन ने जितनी तेजी से कासी कोविड रिर्पोन्स सेंटर की स्थापना की उतनी ही तेजीसे प्रत्येक कार्य किया जाना चाहिए मुकेश कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रधानमंत्री ने देश के समी डॉक्टरों और अन्य चिकित्साकर्मियों का आभार व्यक्त करते हए कहा कि संकट के इस समय में ये सब पूरी वफादारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं वीडियो कॉफ्रेंस के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी रविन्द्र जायसवाल विधायक सुरेन्द्र नारायण सिंह विधान परिषद सदस्य अशोक धवन तथा लक्ष्मण आचार्य और विधान परिषद सदस्य तथा वाराणसी के कोविड प्रभारी एके शर्मा डिविजनल कमिश्नर दीपकअग्रवाल पुलिस आयुक्त एसतीश गणेश जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा निगम आयुक्त गौरंग राठी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी सिंह और आईएमएस बनारस हिन्द्र विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर बीआर मित्तल उपस्थित थे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयने कहा कि भारत सरकार ने सभी राज्यों में जन स्वास्थ्य केंद्रों में प्रेशरस्विंग एडशॉर्प्शन पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति दी है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों ने स्वास्थ्य केंद्रों में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की सराहना की

एंटी वायरल औषधि रेमडेसिविरका उत्पादन अगले पन्द्रह दिन में दोगुना कर प्रति दिन लगभग तीन लाख वायल कर दिया जाएगा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्र सरकार इस दवा की सस्ती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है रेमडेसिविर को गंभीर कोरोना रोगियों के बेहतर इलाज में प्रभावी पाया गया है

इससे इस दवा की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन डेढ लाख वॉयल्स बढ जाएगी प्रदेश में कोरोना के सन्देह वाले रोगियों का इलाज भी कोरोना संक्रमितों जैसे ही किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों को संदिग्ध रोगियों का उपचार कोविड संक्रमित रोगी की तरह करने और उन्हें अस्पताल में अलग वार्ड में रखने के निर्देश दिए हैं संदिग्ध श्रेणी में ऐसे रोगी माने जाएंगे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है किंतु जिनके सीटी स्कैन और अन्य लक्षण कोविड संक्रमित रोगी जैसे हों

बड़े जिलों को पांच पांच करोड़ और छोटे जिलों को दो दो करोड़ रूपये दिये गये हैं

राज्य में बढ़ते कोविद मामलों के कारण राज्य चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान कोविद प्रोटोकॉल का पालन किया है आज जिन जिलों में वोट डाले जा रहे हैं उनमें लखनऊ वाराणसी आजमगढ़ इटावा चित्रकूट बागपत मुजफ्फरनगर गौतम बौद्ध नगर बिजनौर अमरोहा बदायूं एटा मैनपुरी कन्नौज ललितपुर प्रतापगढ़ सुल्तानपुर लखीमपुर खीरी गोंडा और महाराजगंज शामिल हैं

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए हैं प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्वि दर्ज की जा रही है पिछले चौबीस घंटे में राज्य में तीस हजार पांच सौ छियान्नबे नये मामले आये हैं

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जनपदों में कोविड बेडों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जा रही है

प्रदेश के अपर मृख्य सचिव सुचना नवनीत सहगल ने बताया कि सभी जनपदों में आक्सीजन युक्त कोविड बेड बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है

इस कार्य में डीआरडीओ का सहयोग मिल रहा है उन्होंने बताया कि रेमडेसिवर सहित विभिन्न दवाओं की उपलब्धता पर नजर रखी जा रही है कोरोना संक्रमण से बचाव दवाएं और इलाज के लिए राज्य के मंत्रियों ने अपनी विधायक निधि से धनराशि देना शुरू कर दिया है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी विधायक निधि से डेढ़ करोड़ रूपये जारी करने के निर्देश दिये हैं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी मथुरा जिले के चिकित्सालयों में कोरोना की जांच बचाव व इलाज के लिए विधायक निधि से एक करोड़ रूपये अवमुक्त करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी मथुरा को पत्र लिखा है स्टाम्प एवं पंजियन शुल्क राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार रवीन्द्र जायसवाल ने भी मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में आवश्यक सामाग्रियों के लिये अपने विधायक निधि से एक करोड़ रूपये तत्काल प्रभाव से जारी किया

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष अप्रैल में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है

एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की संशोधित तिथियां बाद में घोषित की जाएगी